इसमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज़ शामिल हैं

इस फैसले से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की सम्भावना है कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढाई गई है

परीक्षण के बाद संक्रमित लोगों की दर में गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं जो साढ़े सात प्रतिशत के आस पास रह गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर सख्ती से अमल करने से यह उपलब्धि हासिल की जा सकी है इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोविड से स्वस्थ हए लोगों के रक्त प्लाज्मा को अन्य मरीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल करने पर अब भी प्रायोगिक थेरेपी के रूप में विचार किया जा रहा है स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि प्रारम्भिक अध्ययन के प्रे परिणाम अभी नहीं आये हैं

आज नैनीताल उच्च न्यायालय के एक कर्मचारी में भी कोरोना की प्रष्टि ह्ई है इस कारण आज हाईकोर्ट बंद रहा प्रे उच्च न्यायालय परिसर को सेनिटाइज किया गया

उच्च न्यायालय परिसर कोरोना के चलते पांच मई से आम लोगों के लिये बंद है यहां सभी अदालतों में मामलों की सुनवाई ऑनलाइन हो रही है उधर पिथौरागढ़ में कोराना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है कोराना के कारण इस महीने होने वाले ऐतिहासिक मोसटामानो मेला भी प्रभावित हआ है

कल सबसे ज्यादा मामले हरिदवार जिले में सामने आये

सोच पोर्टल चम्पावत जिले के आम आदमी अपनी किसी भी प्रकार की शिकायतों को संबंधित कार्यालय में ना जाकर सोच पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पंजीकृत करा सकते हैं

वर्तमान में जिलाधिकारी स्रेन्द्र नारायण पाण्डे के निर्देशान्सार इस सॉफ्टवेयर को सावर्जनिक कर दिया गया है

पंजीकरण के बाद शिकायतकर्ता को एस एम एस के माध्यम से शिकायत संख्या प्राप्त हो जायेगी जिलाधिकारी और संबंधित विभाग को भी एस एम एस चला जायेगा इसी पोर्टल में संबधित विभाग के लिए यूजर आईडी बनायी गयी हैं जिसमें संबंधित विभाग लाग इन कर प्राप्त शिकायतों का विवरण देख सकता है भाजपा बैठक भाजपा के प्रदेश महामंत्री अजेय क्मार ने कहा है कि पार्टी के विचार कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहंचाने और विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यपरक उत्तर देने के लिए पार्टी के मीडिया विभाग की अहम जिम्मेदारी है आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया विभाग की बैठक में प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मीडिया विभाग के पदाधिकारी को समाचार चैनलों की चर्चाओं में संगठन के विचारों और सरकार की योजनाओं के बारे में गहन अध्ययन कर तथ्यों के साथ भाग लेना चाहिए इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार और संगठन के मीडिया विभाग को समन्वय बनाकर सरकार की योजनाओं को परिचर्चाओं का हिस्सा बनाना चाहिए मौसम अपडेट प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है

इस दौरान पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग बागेश्वर चमोली देहरादून नैनीताल और पौड़ी में भारी बारिश की संभावना है उन्होंने लोगों से सर्तक रहने की अपील की है

बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है दर्घटना चमोली चमोली जिले में आज सुबह भारी बारिश के कारण एक पंचायत घर ढह जाने से उसमें ठहरे एक अवर अभियंता की मृत्य् हो गई जबकि तीन श्रमिक घायल हो गये जिला आपदा परिचालन केन्द्र प्रभारी एनके जोशी के अन्सार जिले में सोमवार रात से ही बारिश हो रही थी आज स्बह करीब तीन बजे पोखरी तहसील अंतर्गत ग्राम ताली कंसारी में कृछ मकान और एक पंचायत घर क्षतिग्रस्त हो गये पंचायतघर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए आया दल ठहरा हआ था बारिश से पंचायत घर अचानक ढह जाने से उसमें सो रहे अवर अभियंता की मृत्य् हो गई जबकि तीन श्रमिक घायल हो गए मां नन्दा देवी मेला अल्मोड़ा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का मां नन्दा देवी मेला श्रू हो गया है

नन्दा देवी मेला समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि इस मेले में हर साल सांस्कृतिक धार्मिक और व्यापारिक पक्ष होता था इस बार यह मेला केवल धार्मिक पक्ष को ही ध्यान में रख कर आयोजित किया जा रहा है कोरोना को देखते हए क्रम के अन्सार मां के दर्शन कराये जा रहे हैं जिससे भीड़ न हो इस बार मेले में किसी प्रकार के व्यावसायिक सटॉल नहीं लगाए गए हैं

यहां पर वन और वन्यजीवों की स्रक्षा और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात किए जा रहे हैं जिनके संचालन का प्रशिक्षण वन्य कर्मियों को दिया जा रहा है राजाजी नेशनल पार्क के वन्य जंत् प्रतिपालक कोमल सिंह ने बताया कि राजाजी नेशनल पार्क मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में फैला है जो काफी द्र्गम भी हैं

ऐसे में वन्य जीवों की स्रक्षा और अतिक्रमण को रोकने के लिए ड्रोन कैमरे काफी मददगार साबित हो रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रत्येक रैंज में एक एक ड्रोन कैमरा आवंटित किया जा रहा है जिसका प्रशिक्षण पार्क के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जा रहा है